भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चूनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे को लेकर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा क्योंकि देश उनके नेतृत्व में विकास के मार्ग पर आगे बढना चाहता है श्री पात्रा ने कहा कि विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल विपक्षी दल के नेता महागठबंधन की बात करते हैं जो पूरी तरह बेमानी है उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकजूटता नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिये हो रही है जबकि देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी पर अपना विश्वास जताया है दो हजार चौदह के बाद अधिकांश राज्यों में हुए विधानसभा च्रनाव में भाजपा को मिली जीत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा बढ़ोतरी को ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री पात्रा ने कहा कि अब एमएसपी का मतलब है मैक्सिमम डिपॉजीट फॉर पुअर यानी गरीबों के खाते में अधिक से अधिक राशि का जमा होना उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में काफी मदद मिलेगी जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ किसी प्रकार के मतभेद से इंकार करते हुए कहा है कि दोनों दल आपसी समन्वय से सरकार चला रहे हैं आज पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री क्मार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर आपसी बातचीत के बाद ही कोई नतीजा निकलेगा उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर भाजपा से कोई बातचीत नहीं हुई है श्री कुमार ने कहा कि जदयू का भाजपा के साथ सिर्फ बिहार में गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता नहीं है इसलिए जदयू अपने विस्तार के लिये दूसरे राज्यों में भाजपा से अलग चुनाव लड़ रही है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारिवारिक बंटवारे में जमीन रजिस्ट्री निःशुल्क करने का निर्देश दिया है आज लोक संवाद कार्यक्रम के तहत आये एक सुझाव के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने को कहा उन्होंने पारिवारिक बंटवारे के बाद होने वाली जमीन रजिस्ट्री में एक रूपये का सांकेतिक शुल्क लेने के लिये भी राजस्व और भूमि सुधार विभाग को प्रावधान करने को कहा प्रदेश में अगले वर्ष मार्च तक आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अड़तीस जिलों में पांच सौ चौंतीस हेत्थ और वेलनेस सेंटर चालू हो जायेंगे इससे लोगों को उनके घर के पास ही आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी श्री नड्डा ने मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन और टीबी कालाजार और फाईलेरिया उन्मूलन को लेकर भी चर्चा की कोन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिये बिहार को हरसंभव मदद दी जायेगी शाहाबाद प्रक्षेत्र के सोन नहर प्रणाली की पक्कीकरण योजना को एशियाई विकास बैंक ने मंजूरी दे दी है यह योजना लगभग तीन हजार दो सौ बहत्तर करोड़ रूपये की है केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने ये जानकारी दी उन्होंने आज एडीबी के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की श्री सिंह ने कहा कि पहले चरण की निविदा अक्टूबर महीने तक प्रकाशित कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि योजना के पूरा हो जाने पर शाहाबाद इलाके में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर दो हजार बारह के निर्भया द्वष्कर्म और हत्या मामले में तीन अभियुक्तों की फांसी की सजा बरकरार रखी है न्यायालय ने सजा पर पुनर्विचार की अभियुक्तों की याचिका खारिज कर दी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गये हैं वहीं बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर और उपाध्यक्ष पद पर धर्मनाथ प्रसाद यादव सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किये गये प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के दो हजार चार सौ तिहत्तर विभिन्न पदों के लिये हुए उप चुनाव की मतगणना कल होगी राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं गौरतलब है कि कल हुए उप चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के छह सौ चौदह ग्राम कचहरी पंच के एक हजार सात सौ बीस पंचायत समिति सदस्य के अड़तीस मुखिया के पैंतालीस और जिला परिषद सदस्य के दस पदों के लिये मतदान हुआ था कोसी गंडक कमला बलान महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से मुजफ्फरपुर पूर्णियां सुपौल सहरसा मधेपुरा और दरभंगा जिले के कई नये इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है सुपौल में तटबंध के अंदर कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जिले के मरौना प्रखंड के दो दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है वहीं सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि होने से आथर में बना पीपा पुल बह गया इस कारण दर्जनों गांव का मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है समस्तीपुर जिले में करेह नदी का जलस्तर बढ़ने से चौदह गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है नदी के तेज बहाव के कारण सलहा चिरोटना घाट और वाटरवेज बांध के पास कटाव होने लगा है इधर अररिया जिले के बकरा और नूना समेत अन्य नदियों के जलस्तर में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है पश्चिम चंपारण में भी गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है लेकिन कई जगहों पर कटाव अभी भी बना हुआ है मध्यबनी जिले के लदनिया में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार पर पानी के बहाव के कारण आज पांचवें दिन भी सड़क आवागमन बाधित है दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में सबसे अधिक तीन सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं पूर्वी चंपारण जिले के ललबेगिया घाट में दो सेंटीमीटर बारिश हुई है आज प्रदेश के सभी पांच सौ चौंतीस प्रखंडों में शिविर लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया इस अवसर पर पटना के मसौढ़ी में आयोजित शिविर में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पांच सौ किसानों के बीच क्रेडिट कार्ड का वितरण किया श्री कुमार ने कहा कि इसका मकसद किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है उन्होंने कहा कि अब हर महीने की पंद्रह तारीख को किसान क्रोडिट कार्ड शिविर का आयोजन किया जायेगा चर्चित टेलीविजन धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डाक्टर हंसराज हाथी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कवि कुमार आजाद का आज मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे पैंतालीस वर्ष के थे कुमार आजाद रोहतास जिले के सासाराम के रहने वाले थे देश विभाजन के समय कवि कुमार आजाद के दादा विस्थापित के रूप में आरा आये थे और बाद में वे सासाराम में स्थायी रूप से बस गये थे उनकी शिक्षा दीक्षा सासाराम से हुई थी कवि कुमार आजाद ने आमिर खान की मेला और फंटूश सहित कई फिल्मों में भी काम किया था उनके निधन पर कला जगत के लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेचुआजलालपुर गांव के पास से पुलिस ने एक सौ दस कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा जिले के जमालपुर मुहल्ले से पुलिस ने एक सौ चालीस बोतल शराब बरामद की है दारोगा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर से एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार शिक्षक विमलेश कुमार जिले के बेगमपुर मध्य विद्यालय में पदस्थापित है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के उमेश सिनेमा रोड स्थित निजी कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने पांच लाख रुपये लूट लिये पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के देवीचक स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में एक सात वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आनंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है शेखपुरा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने अधिकारियों से ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण के लक्ष्य को जुलाई माह में पूरा करने का निर्देश दिया है